इस वर्ष समारोहों का विषय है नव चेतना नव हर्ष और नव निर्माण सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीनगर में बादामी बाग में थल सेना के कोर मुख्यालय में शहीदों को प्रष्पांजलि अर्पित की राष्ट्रपति का द्रास में शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने का पहले निर्धारित कार्यक्रम खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में करगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के सभी सैनिकों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि दी है प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने करगिल दौरे के कुछ चित्र भी साझा किए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की

पहली बार एकसाथ तीनों सेना प्रमुखों थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शेल बीरेन्द्र सिंह धनोवा ने आठवीं माउंटेन डिवीजन की स्मृति में सैन्य डाक टिकट जारी किया करगिल विजय दिवस के मौके पर राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये जयपुर में अमर जवान ज्योति पर सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की कार्यक्रम में सेना के आला अधिकारियों ने भी भाग लिया

जोधप्र में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय पर स्थित शहीद स्मारक पर बल के महानिरीक्षक अमित लोढा ने पुष्प चक अर्पित किया और शहीदों को सलामी दी नागौर में शहीद स्मारक पर शहीद जांबाज सैनिकों को पुष्प चक अर्पित कर श्रद्वांजलि दी गई आरएसी के जवानों द्वारा शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया चूरू में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को शहीदों की वीरता की कहानियां सुनाई गई सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए गए भरतपुर में अमर जवान ज्योति स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ जिला कलेक्टर आरूषी मलिक ने जिले की दो कारगिल वीरांगनाओं का सम्मान किया अलवर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से आज सुबह कंपनी बाग में शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि दी गई और शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं का शाल ओढाकर सम्मान किया गया करौली में जिले के करगिल शहीद हीरा सिंह को श्रद्वांजलि अर्पित की गई बाड़मेर में प्रशासनिक अधिकारियों सेना और बीएसएफ के अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक अर्पित किए सीमा सुरक्षा बल की ओर से गडरारोड़ में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ इसके बाद गडरारोड स्कूल में शहीदों के परिजनों और गौरव सेनानियों को अभिनंदन किया गया

भारी बारिश से इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया कि जिले के गुढा गौडजी इलाके में दो दिन से हो रही तेज बारिश के कारण धोलाखेड़ा में सिंचारई विभाग द्वारा बनाया गया बांध ट्रट गया है

इस मार्ग पर एक जीप पानी में बह गई लेकिन उसमें बैठे चार युवकों को सक्शल बचा लिया गया

जयपुर में आज भी जमकर बारिष हुई तड़के चार बजे से शुरू हुआ बारिष का दौर दोपहर बाद तक जारी रहा जिसके कारण शहर में कई सड़कों पर पानी भरने से जाम लग गया

इससे बस्सी करबे और कई गांवों में जाने रास्ता बंद हो गया है बिजली विभाग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली काट दी है भारी बारिश से यहां जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है

प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने प्रष्न के उत्तर में प्रयोग किये गए अनुमानित शब्द पर आपत्ति करते की और कहा कि सरकार द्वारा इस शब्द का प्रयोग संषय पैदा करता है

इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है षिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज विधानसभा में विधायक अशोक लाहोटी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी दी श्री डोटासरा ने बताया कि कोचिंग संस्थानों द्वारा फीस में मनमानी सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी तथा बच्चों में बढ़ते तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाओं को देखते हये सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उन्होंने बताया कि मानवाधिकार आयोग तथा उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में फैसले दिये गये हैं शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समितिं में शिक्षाविद स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य चिकित्सक और बाल अधिकार कार्यकर्ता शामिल किये गये हैं

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों की र्सवाओं से जुड़ी षिकायत परिवहन आयुक्त और परिवहन के अधिकारियों से भी की जा सकती है आज विधानसभा में एक तारांकित प्रष्न का जवाब देते हुए श्री खाचरियावास ने बताया कि ओला और उबर द्वारा अधिक किराया वसूली या सेवा को लेकर शिकायत मिलती रहती है उन्होंने बताया कि अब हर कम्पनी को अपने यहां एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करना होगा तथा इसमें आने वाली शिकायतों के बारे में समय समय पर परिवहन विभाग को जानकारी देनी होगी उन्होंने बताया कि कैब सेवा प्रदाता कंपनी को मीटर के अनुसारयात्रा की दूरी और समय के आधार पर किराए के बारे में यात्री को सूचना देनी होती है

शून्यकाल में भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्तक्षेप कहते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि सुरक्षा एजेन्सियों की रिपोर्ट के परीक्षण के आधार पर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी जाती है उन्होंने बताया कि जोधपुर जैसलमेर तथा जयपुर कलेक्टर को केन्द्र सरकार द्वारा प्रक्रिया के तहत सीधे ही नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया गया है शेष जिलों में कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है उसके बाद नागरिकता देने के संबंध में निर्णय लिया जाता है सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि पाक विस्तापितों को इंडियन सिटीजन एक्ट के अनुसार नागरिकता दी जाये

उसने दहेज हत्या के केस को रफा दफा करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी